प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज से गुजरात की दो दिन की यात्रा पर रहेंगे

बाद में प्रधानमंत्री एकता मॉल बाल पोषण पार्क का उद्घाटन करेंगे इसके बाद श्री मोदी जंगल सफारी और जियोडेसिक डोम एवियरी का शुभारंभ करेंगे और स्टेचू ऑफ यूनिटी पहुंचने के पहले कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे

यह दिन देशभर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है इस क्रम में आकाशवाणी समाचार आपके लिए अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरुष के भाषण के चुनिंदा अंश प्रस्तुत कर रहा है

ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में कुल संक्रमित लोगों में से सात दशमलव पांच एक प्रतिशत यानी छह लाख तीन हजार मरीज ही इलाज करा रहे हैं

इस समय देश में कोविड मृत्यु दर एक दशमलव पांच शून्य प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में शामिल है

देश में जनवरी से कोविड जांच की मूलभूत सुविधाओं में लगातार बढोतरी हुई है जिससे जांच क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है

कर्मचारियों के इस नुकसान की भरपाई और साथ ही उपभोग को बढावा देने के लिये केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ एलटीसी किराये के बराबर नकद राशि देने का फैसला किया है चूंकि एलटीसी किराये की नकद राशि वास्तविक यात्रा के स्थान पर है इसलिए एलटीसी किराये पर उपलब्ध आयकर छूट की तरह इस राशि पर भी आयकर छूट मिलेगी केंद्र सरकार से इतर अन्य कर्मचारियों को भी यह लाभ देने के लिए उन्हे एलटीसी किराये के बराबर की नकद राशि के भुगतान पर आयकर छूट दिए जाने का फैसला किया गया है

राज्य के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि एक समय सीमा के भीतर दोषी लोकसेवकों के विरुद्व कार्रवाई हो सके सतर्कता जागरुकता सप्ताह के दौरान लोकायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान जांच प्रकिया काफी जटिल है उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता जागरुकता सप्ताह चलाया जा रहा है लेकिन इसे लेकर राज्य में कोई विशेष गतिविधि नहीं देखी जा रही है

सिमडेगा जिले में पुलिस ने उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है उनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुये हैं जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि एक उग्रवादी की गिरफ्तारी बांसजोर ओपी क्षेत्र से जबकि चार उग्रवादियों की गिरफ्तारी पाकरटांड थाना क्षेत्र से हुई है राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है उन्होंने शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति की समस्या को भी दूर करने को कहा है विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये समीक्षा करते हुये राज्यपाल ने उच्च शिक्षा में ग्रणात्मक सुधार पर जोर दिया इस दौरान क्लपतियों ने राज्य के विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यकम एक समय में परीक्षा और एक समय में परीक्षा परिणाम की पद्धति लागू करने का सुझाव दिया केन्द्र सरकार मौजूदा खरीफ सत्र में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर फसलों की खरीद लगातार कर रही हैं

केन्द्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों का नाम गिरिडीह में जोड़ा जा रहा है

विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तु की श्रेणी में शामिल था वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके बीजों के निर्यात पर रोक लगायी है अंतरराष्ट्रीय मंत्र पर छउ नृत्य को ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पदमश्री गुरु श्यामा चरण पति निधन हो गया है

राज्यपाल द्रोपदी मुर्मे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है सरायकेला खरसांवा जिले के राजनगर प्रखंड के ईचा गांव के रहने वाले पदमश्री श्यामा चरण पति का पूरा परिवार वर्तमान में राउरकेला में बसा है पैगम्बर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोंविद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायड् ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा है कि पैगम्बर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई उन्होंने कहा कि पैगम्बर मोहम्मद समानता और सदभाव पर आधारित समाज बनाना चाहते थे राष्ट्रपति ने सभी लोगों से पवित्र क्रान में संकलित पैगम्बर मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार समाज के कल्याण तथा देश में शांति और सद्भावना के लिए काम करने का आहवान किया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने अपने संदेश में कहा कि पैगम्बर मोहम्मद ने मानव समुदाय को करुणा और विश्व् बंधुत्वम का मार्ग दिखाया उन्होंने कहा कि मिलाद उन नबी परिवार और मित्रों के मिलने और प्रार्थना करने का अवसर है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड महामारी को देखते हुए मिलाद उन नबी को स्वास्थ्य और स्वच्छता के सभी निर्देशों का पालन करते हुए सादगी से मनाएं इधर राजधानी रांची सहित राज्यभर में ईद उल नबी आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही हैं कोरोना काल के कारण हालांकि इस बार जुलूस ए मोहम्मदी नहीं निकाला गया है लेकिन लोग अकीद्त और एहतराम के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म दिन मना रहे हैं इस मौके पर राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा है कि आज का दिन समाज में अमन चैन बनाए रखने और मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का है उधर चतरा में सदर थाना की पुलिस ने कल शाम फ्लैग मार्च कर लोगों से अपने घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाईट राइडर्स को छह विकेट से हरा दिया

कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पैट कमिंस और वरुण ने दो दो विकेट हासिल किए ट्र्नामेंट में आज अब् धाबी में किंग्स इलेवन पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा राजधानी रांची में मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव होता रहेगा अब अखबारों की सुर्खियां और आईये अब ं सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है मूंगेर में पथराव और आगजनी की घटना और पाकिस्तानी मंत्री द्वारा पुलवामा हमले में अपनी संलिप्तता की खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने रांची का नया मास्टर प्लान बनाने की कवायद की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है जबकि दैनिक भास्कर ने मुंगेर में तीन थाने और कई वाहनों में आगजनी की घटना को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है छउ ग्रु पद्मश्री पंडित श्यामा चरण पति के निधन की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुये आतंकी हमले को पाकिस्तानी मंत्री द्वारा अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताने वाली खबर को दैनिक जागरण ने पहली सुर्खी बनाई है

अंग्रेजी में प्रकाशित हिन्दुस्तान टाईम्स ने बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती द्वारा सात विधायकों को निलंबित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है